तवांग में लुम्ला विधानसभा क्षेत्र में चलाए जा रहे विकास कार्यों की प्रगति पर सरकारी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में श्री खांडू ने यह बात कही उन्होंने कहा कि शुरु में जनप्रतिनिधियों सरकारी अधिकारियों और आम नागरिकों को नए सुधारों से असुविधा महसूस होगा लेकिन लंबे समय में यह उचित और न्यायपूर्ण व्यवस्था बनाने में फायदेमंद साबित होगा इससे पहले मुख्यमंत्री ने एक नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की नींव रखी और स्वास्थ्य विभाग के लिए एक एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई तथा क्षेत्र में कई बुनियादी परियोजनाओं का शुभारंभ किया केरल में त्रिशूर में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर कहा कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के लिए संकल्पबंद्व है श्री मोदी ने विपक्ष से देश की प्रगति में बाधा खड़ी न करने और लोगों को गुमराह न करने का आग्रह किया सामान्य श्रेणी के लोगों को शिक्षा और रोजगार में दस प्रतिशत आरक्षण के मुद्दे पर श्री मोदी ने कहा कि इससे दलितों जनजातीय लोगों और अन्य पिछड़े वर्गों को पहले से मिल रहे आरक्षण के लाभ पर कोई असर नहीं पड़ेगा उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया कि तमिलनाड़ में कुछ असर नही पड़ेगा उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया कि तमिलनाडु में कुछ लोग इस मुद्दे पर अपना हित साधने के लिए संदेह और अविश्वास का माहौल बना रहे हैं प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे ऐसी नकारात्मक शक्तियों के प्रति सतर्क रहें उपराष्ट्रपति एम वैंकया नायडू ने भारत के नैतिक मूल्य परंपरा संस्कृति विरासत और इतिहास पर जोर देते हुए शिक्षा प्रणाली पर फिर से विचार करने का आह्वान किया है

उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थान अनिवार्य रुप से सीखने और विवेक के मंदिर होने चाहिए उन्होंने कहा कि इन संस्थानों को शांति और सौहार्द तथा प्रगति और विकास का अभ्यारण्य होना चाहिए उपराष्ट्रपति ने जोर देकर कहा कि विश्वविद्यालायों के परिसरों के वातावरण को ऐसे कार्यक्रमों से विचलित नहीं करना चाहिए जिनका संबंध शिक्षा से नहीं हो उन्होंने कहा कि चरित्र निर्माण शिक्षा का अनिवार्य धर्म होना चाहिए श्री नायडू ने कहा कि विद्यार्थियों में अनुशासन तथा जरुरतमंदो की सेवा करने के भाव विकसिर करने के लिए शिक्षण संस्थानों में स्काउट और गाईड या एनसीसी को अनिवार्य करना चाहिए उन्होंने कहा कि शिक्षा को किसी भी व्यक्ति के समग्र व्यक्तित्व का विकास करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पर चर्चा की द्रसरी कड़ी में कल देशभर के विद्यार्थियों के साथ बातचीत और अनुभव साझा करेंगे प्रधानमंत्री विद्यार्थियों शिक्षको और अभिभावकों के साथ चर्चा करेंगे कि कैसे बच्चे बिना किसी दबाव और तनाव के परीक्षा दे सकते हैं आकाशवाणी के साथ विशेष बातचीत में मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि ये एक वैश्विक कार्यक्रम होगा इसमें दक्षिण पूर्व एशिया और रुस सहित विभिन्न देशों के विद्यार्थी भाग ले रहे हैं आकाशवाणी और द्रदर्शन से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जायेगा राजीव गांधी विश्वविद्यालय की रसायन विज्ञान विभाग कल से राज्य के उच्चतर स्कूली छात्रों के लिए तीन दिवसीय रसायन विज्ञान श्विर का आयोजन करेगा शिविर में पाप्रम पारे जिले के सरकारी वंचित और सहायता प्राप्त स्कूलों से नवीं कक्षा के साथ विद्यार्थी भाग ले रहे है यह भारत में उच्च गुणवत्ता वाले रसायन विज्ञान की शिक्षा का समर्थन करने के लिए लंदन के रॉयल सोसायटी ऑफ केमिस्ट्री और दी सल्टर्स संस्थान की एक पहल है

इच्छुक उम्मीदवार अपना आवेदन स्वंय सत्यापित फोटों और योग्यता के विवरण के साथ आठ फरवरी से पहले कार्यालय समय के दौरान जमा कर सकते है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 आज का अधिकतम तापमान उनतीस डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान पंद्रह दशमलव पांच डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया